एक महीने तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर चुने जाने वाले सबसे अच्छे जिलों और राज्यों को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा सर्वेक्षण में मूल्याकंन के मापदंड रखे गये है इनमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन और ग्रामीणों की मौखिक तथा ऑनलाईन राय शामिल है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी मगत ने ये जानकारी देते हुए कहा कि अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त प्रनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग कर पात्र व्यक्तियों के ज्यादा से ज्यादा नाम मतदाता सूचियों में जुड़वाना चाहिए श्री भगत कल जयपुर में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे

कल नई दिल्ली में दो दिन के कमांडर्स सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने तीनों सेनाओं को आश्वासन दिया कि सरकार के लिए सेना की मजबूती सर्वोच्च प्राथमिकता होगी रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन में तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच सभी संयुक्त मुद्दों पर शीर्ष स्तर पर चर्चा की गई

विशिष्ठ महानिदेशक कानून व्यवस्था एनआरके रेड्डी ने बताया कि बैठक में इस मामले में अब तक हई अनुसंधान की कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की गई और आगे के अनुसंघान के बारे में चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई

एकोरासी गांव के ये बच्चे स्कूल से घर आते समय तालाब में नहाने लग गये थे कि अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूब गये

इस दौरान एक बच्चे की मृत्यु हो गई ये बच्चा मस्तिष्क ज्वर से पीडित था

गौरतलब है कि पुलिस अधिकारी की समय पर गवाही नहीं होने से सजायाफ्ता आरोपियों को जमानत का लाम नहीं मिलता था

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना पर आयड महासतियां के पास नाकाबंदी के दौरान एक ऑटो की तलाशी ली गयी ऑटो में बेगों में भरे हुए करीब सौ किलोग्राम चंदन की लकडी के ट्कड़े बरामद हुए